भाजपा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किसान सम्मेलन आयोजित करेगी

और राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि बिहार को पहले चरण में सात लाख वैक्सीन उपलब्ध होगी पहले चरण में भंडारण और लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था पूरी है पटना में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की इस बैठक में श्री चौबे ने कहा कि दूसरे चरण में एक करोड़ वैक्सीन आयेगी उन्होंने कहा कि शुरूआती दौर में स्वास्थ्यकर्मियों और कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जायेगी इसमें डॉक्टर नर्स स्वास्थ्य से जुड़े अन्य कर्मचारी शामिल होंगे इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर में पुलिस सेना और अर्द्वसैनिक बल से जुड़े लोगों को वैक्सीन दी जायेगी इधर वैक्सीन के भंडारण के लिये बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने केंद्र सरकार से दो वॉकिंग फ्रिज दो वॉकिंग कुलर और नौ सौ डिप फ्रिजर की मांग की है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के पांच सौ छियानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख बयालीस हजार सात सौ अड़तालीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ चालीस नये मामले पटना जिले में सामने आये हैं गोपालगंज में बासठ मूजफ्फरपूर में उन्नीस जहानाबाद नवादा और सीतामढ़ी जिले में सत्रह सत्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं इस समय राज्य में पांच हजार दो सौ इकतालीस सक्रिय मामले हैं इधर प्रदेश में कोरोना से अब तक दो लाख छत्तीस हजार एक सौ नवासी मरीज ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन शून्य प्रतिशत है इधर कोरोना से मृत हुये बत्तीस लोगों के परिजनों को पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने चार चार लाख रूपये की राशि दी है अब तक पटना जिले में एक सौ चौंतीस मृतकों के परिजनों को अनुदान राशि दी जा चुकी है आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर घनश्याम पांगती ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले चिकित्साकर्मियों अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी साउंड बाईट लोग हैं जो कि कोरोना वारियर्स हैं डॉक्टर्स हो गए हेल्थ वर्कर्स हो गए या जो समाज सेवा में या जो कि कोरोना कंटेन्मेंट जोन में पुलिस वाले इन सबको वैक्सीन का पहला हक मिलेगा जो सरकार ने कहा है

उनमें ये कोरोना खतरनाक ज्यादा हो सकता है उन लोगों को ज्यादा क्रिटिकल कर सकता है उनकी जान को भी खतरा रह सकता है या उन लोगों के साथ जिनको को मोबिलिटी है जिनको हार्ट की बीमारी है जिनको फंफड़े की बीमारी है उन लोगों को पहले मिलेगा मैं फिर भी यह कहना चाहूंगा कि उन लोगों को मिलने के बाद वो फ्री नहीं होंगे उनको मास्क और सब चीज पहनना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड महामारी के कारण अस्थिरता के बावजूद आर्थिक सुधारों की गति पर प्रसन्नता व्यक्त की है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 साउंड बाईट आज जो इक्नोमी के इंडिकेटर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं हाँसला बढ़ाने वाले हैं संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के एंटरप्रन्योर्स को जाता है भारत की युवा पीढ़ी को जाता है भारत के किसानों को जाता है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 साउंड बाईट एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों चाहे वो एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर हो फूड प्रोसेसिंग हो स्टोरेज हो कोल्ड चेन हो इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं

उन्हें टेक्नोलोजी का ज्यादा लाम मिलेगा देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा इन सबसे कृषि क्षेत्र में ज्यादा नियेश होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण भारत में जबर्दस्त बदलाव हो रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है उन्होंने कहा कि देश के आधे से अधिक स्टार्टअप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि आज किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ उनके बाहर भी बेच सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी क़षि उपज की बिक्री की जा सकती है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने बिहार को आठ सौ तैंतालीस करोड़ रूपये आवंटित की है वित्त मंत्रालय के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस योजना के तहत सत्ताईस राज्यों के नौ हजार आठ सौ उनासी करोड़ रूपये के खर्च से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है इस राशि से स्वास्थ्य ग्रामीण विकास जलापूर्ति सिंचाई बिजली परिवहन शिक्षा और शहरी विकास जैसे अर्थव्यवस्था के अलग अलग परियोजनाओं में खर्च होगी कृषि बिल के पक्ष में प्रदेश भाजपा की ओर से आज से पच्चीस दिसंबर के बीच किसान सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना के बख्तियारपुर से आज इस सम्मेलन की शुरूआत करेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन में पार्टी नेता विधायक और मंत्री शामिल होंगे श्री जायसवाल ने कहा कि कृषि बिल के नाम पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसे देखते हुये बिल के समर्थन में हर जिले में किसान सम्मेलन किया जायेगा वहीं सभी विधानसभा क्षेत्र में किसान पंचायत का आयोजन भी होगा प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है मतदाता सूची के प्रकाशन की अंतिम तारीख उन्नीस फरवरी दो हजार इक्कीस तय कर दी है साथ ही इसकी सूचना राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी को जारी कर दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल वोटर लिस्ट ही पंचायत चुनाव के लिये भी मान्य होगा इसी आधार पर ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद के लिये भी वोटर लिस्ट उसकी भौगोलिक सीमा के अनुसार तैयार की जायेगी

साउंड बाईट पटना में न्यूनतम तापमान सोलह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है वहीं गया का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश पर सृजन घोटाले मामले में भागलपुर के तीन स्थानों पर संपत्ति जब्त की गई है इस सिलसिले में सीबीआई ने अमित कुमार की एक जबकि उनकी पत्नी की रजनी प्रिया के नाम से दो संपत्ति जब्त की है तीनों संपत्ति भागलपुर के तिलकामांझी इलाके में है अब तक इस मामले में पांच संपत्ति जब्त की गई है गया से मुम्बई के लिये अब सीधी विमान सेवा शुरू की जा रही है इंडिगो एयरलायंस ने गया से मुम्बई के लिये हर दिन एक विमान का परिचालन पच्चीस दिसंबर से शुरू करने की घोषणा की है रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुये दरभंगा और पुणे के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव किया है मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पुणे दरभंगा साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन तीस दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को पुणे से शाम चार बजकर पंद्रह मिनट से खुलेगी और तीसरे दिन सुबह छह बजकर चालीस मिनट पर दरभंगा पहुंचेगी वापसी में दरभंगा पुणे साप्ताहिक ट्रेन एक जनवरी तक प्रत्येक शुक्रवार को दरभंगा से शाम चार बजकर सैंतालीस मिनट पर खुलेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कक्षा नौंवी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिये ऑनलाइन क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है ये अभ्यास सत्र बारह जनवरी तक चलेगा इसके बाद पंद्रह जनवरी से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा की शुरूआत होगी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अभ्यास सत्र के शुरूआत चार दिनों में पंद्रह दिसंबर तक क्रॉसवर्ड का अभ्यास करने और इसके संबंध में जानकारी के लिये मौका दिया जा रहा है परिवहन विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई के लिये विशेष सघन जांच अभियान चलाया गया इस अभियान में बालू लदे और अन्य ओवरलोडिंग वाहनों की जांच में एक सौ पांच वाहनों को जब्त किया गया है वहीं इकतीस आवेरलोडिंग ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहनों के परमिट रद्द करने की अनुशंसा की गई है परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि सघन जांच अभियान में एक सौ इकहत्तर व्यवासयिक वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है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 हिन्दुस्तान ने राज्य में जमीन और फ्लैट खरीददारों को म्यूटेशन कराने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है जमीन फ्लैट खरीदारों को म्यूटेशन से छुटकारा जल्द अखबार लिखता है म्यूटेशन के लिये अब ऑनलाइन आवेदन करने की भी जरूरत नहीं होगी दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रधानमंत्री ने फिर समझाया कृषि कानूनों के कायदे प्रधानमंत्री ने कहा किसान कल्याण को सरकार प्रतिबद्ध प्रभात खबर का शीर्षक है नेशनल फैमिली हेत्थ सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा राज्य में बाल विवाह में आई कमी कोरोना वैक्सीन की खबर को दैनिक भास्कर ने सुर्खी बनाई है टीकाकरण की ऑपरेशनल गाईडलाइन जारी एक बूथ पर दिनभर में सिर्फ सौ लोगों को टीका लगेगा दैनिक आज ने लिखा है नये कृषि कानून के विरोध में चौदह को भूख हड़ताल करेंगे किसान राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखना सरकार की पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट करते हुये कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर कोताही बर्दास्त नहीं की जायेगी

भाजपा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किसान सम्मेलन आयोजित करेगी

और राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू